स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

ये त्योहार बूराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक है होली वंसत ऋत् के आगमन का भी प्रतिक है देशभर में कल शाम पारंपरिक रुप से होलिका का दहन किया गया होली का त्योहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है समाज के सभी धर्मो जाती संप्रदायिक और आय्वर्ग के लोग ये त्योहार बहत उत्साह से मनाते है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को श्भकामनाए दी है अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि आनंद उमंग हर्षोल्लास का त्योहार होली हर किसी की जीवन में नये जोश और नई उर्जा का संचार करेगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी प्रदेश के लोगों को होली की श्भकामनाएं दी है ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलग्न में कल रात होलिका दहन के साथ ही लोग होली के रंग में सराबोर नजर आये इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज होली का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट के बालाजी मंदीर और बाजार क्षेत्र में आयोजित होली मिलन समारोह में विधायक कालिंग मोयोंग ने हिस्सा लिया उन्होंने लोगों को होली की श्भकामनाएं देते हए उम्मीद जताई है कि रंगो के त्योहार होली राज्य में सुख शांति लाएगा

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दो अप्रैल तक इन राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है इससे क्षेत्र में चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने की संभावना है दक्षिणी असम मेघालय त्रिप्रा और मिजोरम में निचले क्षेत्रों में क्छ स्थानों पर जल भराव हो सकता है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम की ओर निचले स्तर की तेज हवाओं के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ भारी वर्षा और बिजली कड़कने की संभावना है विभाग ने चेतावनी दी है कि तीस और इकतीस मार्च को इसका सर्वाधिक असर रहेगा इस दौरान चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी ओले गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है तेज हवाओं से वक्षों और खड़ी फसलों को न्कसान पहंचने की संभावना व्यक्त की गई है इसके कारण खुले स्थान पर लोगों और मवेशियों के भी घायल होने की आशंका है मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे घरों में रहें और बिजली के संपर्क में न आएं और विपरीत मौसम के चलते खेती के कार्यो को रोक दें

मणिप्र के मुख्य सचिव ने भी इस संबंध में केंद्र को एक पत्र लिखा है इस पर्वतचोटी पर कल स्बह भीषण आग लग गई और इसे ब्झाने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों और स्थानीय लोग लगे हए है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने उखरुल जिले के शिरुई पर्वत चोटी पर आग द्र्घटना पर काब् पाने के लिए एनडीआरएफ को लगाने के अलावा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है

इस दौरान कोविड महामारी से दो सौ इक्यानवे व्यक्तियों की मौत हुई है इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है राज्य में कोरोना चार सक्रिय मामले है और कल राज्यभर से जांच के लिए एक सौ ग्यारह सैंपल लिये गए आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के ईटाफोर्ट अर्बन प्राईमरी हेल्थ सेंटर में कई मीडिया कर्मियों को कोविड वैक्सिन की पहली ख्राक दी गई अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी डॉ डी पादंग ने अबतक राज्य में छह हजार चार सौ लोगों ने कोविड वैक्सिन की पहली ख्राक ले ली है जबकि एक हजार नौ सौ तेईस लोगों को वैक्सिन की दूसरी ख्राक भी दी जा च्की है देश के कई राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर उन्होंने प्रदेश के लोगों से जल्द कोविड वैक्सिन लेने की अपील की है